इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घ्रसपैठियों से मुक्त कराया था

इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी

प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाये दी हैं इस मौके पर नरसिंहपुर जिले के पूर्व सैन्य अधिकारी लालसिंह जाट ने कहा है कि भारतीय सेना के शौर्य को देश हमेशा याद रखेगा

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति सामान्य है कोरोना के उपचार के लिए अधिकृत निजी अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन में बताया है कि मुख्यमंत्री की सभी आवश्यक जांच की गई है जो सामान्य है श्री चौहान को कोरोना संक्रमित पाये जाने पर कल भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना संकमण से बचने के लिए जरूरी उपायों का पालन अवश्य करें

खण्डवा जिले में नौ पॉजिटिव केस मिले हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए जागरुकता अभियान तेज किया जाये

यहां एक मरीज की इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय मौत हो गई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

लॉकडाउन के दौरान शहर में करीब ढाई हजार पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं पुलिस जगह जगह बेरिकेट्स लगाकर यातायात को नियंत्रित कर रही है बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कई स्थानों पर कार्यवाही भी की गई लॉकडाउन के चलते राजधानी की सड़कें सूनी हैं केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडीकल पेट्रोल पम्प और दूध की दुकानें खुली रहेंगी